श्री मोदी कोरोना वायरस महामारी से निपटने में देश की प्रगति की समीक्षा करेंगे बैठक में आर्थिक गतिविधियों को मजबूत बनाने के लिए और रियायतें देने के बारे में भी विचार विमर्श हो सकता है बैठक में गृह मंत्री अमित शाह वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन स्वास्थ्य मंत्री डॉ हर्षवर्द्वन और कुछ वरिष्ठ अधिकारियों के भाग लेने की संभावना है देश में लॉकडाउन के तीसरे चरण के अंतिम सप्ताह को देखते हुए आगे का रोडमैप तैयार करने की दृष्टि से यह बैठक बहुत महत्वपूर्ण है

ये नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से डिब्र्गढ अगरतला हावडा पटना बिलासपुर रांची भुवनेश्वर सिंकदराबाद बंगलुरू चेन्नई तिरूवनंतपुरम मडंगांव मुंबई सेंट्रल अहमदाबाद और जम्मूतवी के लिए चलेंगी इनके लिए आरक्षण आज शाम चार बजे से शुरू होगा और केवल आईआरसीटीसी की वेबसाईट पर उपलब्ध रहेगा रेलवे स्टेशनों के टिकिट बुकिंग काउंटर बंद रहेंगे केवल उन्हीं यात्रियों को रेलवे स्टेशन में प्रवेश की अनुमति होगी जिसके पास वैध कम्फर्म टिकिट होगा यात्रियों को मास्क लगाना होगा और यात्रा से पहले अपनी जांच करानी होगी केवल उन्हीं यात्रियों को रेल में बैठने की अनुमति दी जायेगी जिनमें कोरोना संकमण का कोई लक्षण नहीं होगा रेलवे नये मार्गो पर भी विशेष रेलगाडियों का परिचालन शुरू करेगा

चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि भीलवाडा में कोरोना संकमण को रोकने के लिए अपनाये गये मॉडल की पूरे देश में सराहना हुई है उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में मरीजों के ठीक होने का प्रतिशत राष्ट्रीय स्तर से कहीं ज्यादा है वीडियो कांफ्रेंसिंग के दौरान अधिकतर सांसदों और विधायकों ने लॉकडाउन में फंसे हुए लोगों को अपने घर पहुंचाने की मुख्यमंत्री की पहल का स्वागत किया उन्होंने आवागमन को और आसान बनाने के लिए अतिरिक्त रेलगाडियां और बसों की व्यवस्था करने का सुझाव दिया

हालांकि यह छूट सुबह सात से शाम सात बजे तक रहेगी

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लॉकडाउन के दौरान लोगों को पास जारी करने की व्यवस्था को और अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए नये दिशा निर्देश दिए है इसके अनुसार दूसरे राज्यों में खुद के वाहनों से आन्ने जाने वालों को जिला कलक्टर पुलिस अधीक्षक उपखण्ड अधिकारी पुलिस उपाधिक्षक तहसीलदार आरटीओ डीटीओ और एसएचओ पास जारी कर सकेंगे

इसे दौरान डॉ पूनिया ने प्रदेश में भाजपा द्वारा किए जा रहे राहत कार्यो की विस्तार से जानकारी दी लंदन से प्रवासी राजस्थानियों द्वारा पुछे गये सवालों का जवाब देते हए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की मजबूत नेतृत्व क्षमता ने देश को कोरोना संकट से उबार लिया है उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि जल्द ही सब क्छ ठीक हो जायेगा

रेडियों की जनजन तक पहुंच होने के कारण शिक्षावाणी कार्यकम का प्रसारण लॉकडाउन के दौरान विद्यार्थियों में पढाई की निरंतरता में आये गतिरोध को दूर करेगा जिनके पास रेडियो सेट नहीं है वे विद्यार्थी न्यूज ऑन एआईआर एप डाउनलोड कर आकाशवाणी के सभी प्रसारण सुन सकते है